प्रदेश सरकार को विमिन्न स्रोतों से राजस्व में दिसम्बर दो हजार उन्नीस की तुलना में दिसम्बर दो हजार बीस तक ढाई हजार करोड़ रूपये की हुई बढ़ोत्तरी राज्य में आगामी दस जनवरी से शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर शुरू किया जायेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का तीन सौ छः किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डेढ किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कर्टेनर ट्रेन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से रवाना किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है

पिछले पांच छह वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है

श्री मोदी ने कहा कि इस खंड के शुरू होने से हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर तथा सीकर में उद्योगों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण ईकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कम लागत पर अपने उत्पाद पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि इस गलियारे से इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढेंगी श्री मोदी ने कहा कि इस गलियारे में एक सौ पैंतीस स्टेशन होंगे इन्हें बहुआयामी दूलाई केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा

श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश निर्मित दो कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है इससे देश के आत्मनिर्मर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का पता चलता है कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की दो मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की हैं

आज हर भारतीय का आह्वान है न हम रूकेंगे न हम थकेंगे

पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे पर मालगाडियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा

उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है

दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि दो हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑधराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की समाज की समाज के लोगों की कोविड से सुख्या के लिए इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे कोरोना संक्रमण कम होने से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं और सरकार के राजस्व में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम के चलते बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया कि दिसम्बर दो हजार उन्नीस से दिसम्बर दो हजार बीस के दौरान राज्य सरकार को विभिन्न श्रोतों से राजस्व में ढाई हजार करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हई है लखनऊ में कल उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहे हैं आयोगों विमागों और निगमों तथा परिषदों को उनके यहां लंबित रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिये कहा गया है उन्होंने बताया कि आत्मनिर्मर पैकेज में चार लाख सैंतीस हजार इकाइयों को ग्यारह हजार एक सौ करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से वितरित कराये गये उन्होंने बताया कि गत वर्ष एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा बत्तीस हजार करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया जिसमें लगभग सत्ताईस लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले

राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि इन मेलों का आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया जायेगा उन्होंने बताया कि सत्रह जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर राज्य में पल्स पोलियो अभियान चलाया जायेगा जिसके अंतर्गत पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी बेटियों को सम्मान दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आगामी जनवरी और फरवरी माह में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बाईस जनवरी को सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मदिन मनाया जायेगा इसके अंतर्गत मां और बेटी को उपहार दिये जायेंगे जनपदों में एक जनवरी से बीस जनवरी तक जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या के बराबर वृक्षारोपण किया जायेगा इस दौरान बेटियों का मनोबल बढ़ाने के लिये प्रशासन की पाठशाला कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें पुलिस फौज मेडिकल इंजीनियरिंग तथा अन्य क्षेत्रों में जाने का सपना संजोए बेटियों की काउंसलिंग की जायेगी राज्य में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और पिछले छत्तीस घंटों के दौरान यहां कोराना के आठ सौ पन्द्रह नये मामले सामने आये हैं राज्य में इस समय कोरोना के कुल ग्यारह हजार सात सौ सत्तासी सक्रिय मामले हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि कोरोना के संबंध में सर्विलांस व्यवस्था के अन्तर्गत एक लाख इक्यासी हजार चार सौ दो क्षेत्रों में सर्विलांस टीमों ने दौरा किया और कुल पन्द्रह करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई उन्होंने बताया कि ई संजीवनी एप लोगों के इलाज में काफी मददगार साबित हो रहा है और अब तक इसके माध्यम से तीन लाख साठ हजार एक सौ छह लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय लाभ हासिल किया है केन्द्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने कल सुल्तानपुर जनपद के हलिया बाजार में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि महिला कल्याण के लिये केन्द्र सरकार ने कन्या सुमंगला योजना सहित कई योजनाए संचालित की हैं जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतें वरियता के आधार पर निपटाएं सेना में मध्य कमान के लखनऊ स्थित मुख्यालय में आगामी अट्ठारह जनवरी से तीस जनवरी के बीच आयोजित होने वाली महिला सैन्य पुलिस सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए भर्ती के अम्यर्थियों को अड़तालिस घंटे पहले का कोरोना मुक्त प्रमाण पत्र साथ लाना होगा भर्ती मुख्यालय जेडआरओ मेजर जनरल एनएसराजपुरोहित ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि सेना में सैनिक श्रेणी में महिला सैन्य पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है उन्होंने बताया कि महिला सैन्य पुलिस के सौ पदों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से प्राप्त आवेदनों में से पांच हजार आठ सौ अट्ठान्नबे महिला उम्मीदवारों को छांट कर उन्हें ऑनलाइन प्रवेश पत्र मेज दिया गये हैं